सरकारी खरीद में पारदर्शिता के उद्देश्य से शुरु की गई इस योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जेम के उपयोग के लिए संबंधित एजेंसी के साथ समझौता करने वाला देश का छठवा राज्य है उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से कैशलेश खरीद को प्रौत्साहन मिलेगा श्री खांडू ने बताया कि छह सितम्बर से लेकर पंद्रह अक्टूबर तक चलाए जा रहे इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य क्रेता और विक्रेता के बीस जागरुकता पैदा करना है उन्होंने बताया कि जेम में छबीस हजार से अधिक सरकारी एजेंसिया शामिल है और दस हजार पांच शौ करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुआ है जो बहुत बढ़ी उपलब्धि है

भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय सम्मेलन में आज मोर्चे की अध्यक्ष पुनम महाजन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू मुख्यमंत्री पेमा खांडू उप मुख्यमंत्री चाऊना मेन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तापिर गाव सहित कई मंत्री और विधायक शामिल थे सांसद पुनम महाजन ने कहा कि युवा किसी भी पार्टी के कार्यक्रमो को जन जन तक पहुचाने में महत्वपूर्ण होते है उन्होंने कहा कि युवाओ की सरकार के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने युवाओ से सरकार और जनता के बीच एक सेतु के रुप में कार्य करने की अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में संपर्क व्यवस्था का विस्तार करने के प्रयास किये जा रहे है वे आज सिक्किम में पाक्योंग हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद एक बैठक को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के सभी प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उड़ान जैसी सरकारी योजनाओ के माध्यम से यात्रा करना आसान और कम खर्चीला हुआ है श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में आँर्गेनिक मिशन के लिए चार सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है श्री मोदी कल विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ करने के बाद झारखंड में रांची से सिक्किम की राजधानी गंगतोक पहुचे एक टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पाक्योंग हवाई अड़डे से सिक्किम के लोगो को इससे फायदा पहुचेगा सिक्किम में पाक्योंग राज्य का पहला हवाई अड्डा है यह देश का सौवां हवाई अड्डा है समुद्र की सतह से साढ़े चार हजार फीट ऊपर है गंगतोक से लगभग तीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस हवाई अड़डे से सिक्किम अब हवाई नक्शे में शामिल हो गया है

अरुणाचल प्रदेश महिला कांग्रेस समिति ने हेलिपेड काँलोनी दो नावालिक लड़की के साथ द्राचार की घटना की कड़े शब्दो में निन्दा की है समिति ने कहा कि बालिकाओ के साथ बढ़ती अपराध की घटनाओ से राज्य में भय का माहौल पैदा हो रहे है ए पी एम सी सी ने राज्य सरकार से एक स्वतंत्र बाल अधिकार आयोग गठित करने और बच्चो के साथ यौन अपराध के मामलो में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है

आज विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए संसदीय कार्यमंत्री चन्द्रमोहन पटवारी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय की देखरेख में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अद्यतन का काम चल रहा है श्री पटवारी ने कहा कि नागरिक रजिस्टर के प्रारुप से बाहर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नही की जायेगी उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तो और पुलिस अधीक्षको को पत्र जारी किया गया है कि वे विदेशियों से संबंधित ट्राब्यूनल को उन व्यक्तियो के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने दें जिनका नाम प्रारुप रजिस्टर से बाहर है एक अन्य प्रश्न के जवाब में जल संसाधन मंत्री केशव महंत ने कहा कि दो हजार सोलह सत्रह के दौरान तिरसठ घ्रसपैठियों को सीमा से पकड़ा गया है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत ब्गालादेश सीमा को सील करने की कार्रवाई की जा रही है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मिसमी जनजाति के कृषि आधारित त्यौहार केमेहा के अवसर पर राज्यवासियो को बधाई दी है उन्होंने भरपूर फसल और समाज में सुख शांति की कामना की है

आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाईस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान आठ धसमलव दो मिलीमीटर बारिस दर्ज की गई है इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार